इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तेईस करोड़ जनता के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने के लिये यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में अलग अलग माध्यम से बाईस लाख सिकायतें आयी हैं जिनमें से बीस लाख शिकायतों का समयबद्व ढंग से निस्तारण कर दिया गया लेकिन इन शिकायतों को दर्ज कराने के लिये लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी इसके अलावा कई बार हम व्यवस्था को संवेदनशील बनाने में भी असफल रहे हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इन दोनों ही समस्याओं का समाधान करेगी आर्थिक समीक्षा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था दो हजार अट्ठारह उन्नीस में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है मोटे तौर पर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी वित्त और कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की आम बजट कल प्रस्तुत किया जायेगा आर्थिक समीक्षा में दो हजार पचीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है इस विजन को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी आर्थिक समीक्षा का मुख्य विषय दो हजार पचीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक प्रद्वि की दर को निरन्तर ऊंची बनाये रखना है इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आघारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में यह भी बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक वृद्वि तथा बृहत आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू खाता घाटा काबू करने लायक स्तर पर बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया समीक्षा में कहा गया है कि दो हजार अट्ठारह में वृद्धि दर के मामले मे चीन को पछाड़ कर भारत ने विश्व की छठी बढ़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लंबी छलांग लगाई आर्थिक समीक्षा में सामाजिक हित के आंकड़ों की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया गया है इसमें कहा गया है कि आंकड़े लोगों के लोगों द्वारा और लोगों के लिए होने चाहिए जनसांख्यिकीय रूझानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्गो की आबादी के लिए तैयारी करने की जरूरत है जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा निवेश करना होगा सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्व ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल लोकसभा में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर दिनभर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूजऑनएआईआरऑफिशियल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से बजट पूर्व चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में प्रख्यात विशेषज्ञो से बजट पर चर्चा प्रसारित होगी

हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष करीब दो लाख भारतीय हज यात्रियों के सउदी अरब जाने की उम्मीद है हज यात्रियों के रहने और चिकित्सा की सुविधा को लेकर भारतीय अधिकारियों ने मक्का मदीना और जद्दा में प्रयाप्त व्यवस्था कर रखी है

आकाशवाणी से बात करते हुए कौशल जनरल नूर मोहम्मद ने बताया कि मदीना आने वाले हज यात्रियों के रहने को लेकर पूर्व आवंटन की प्रणाली की शुरूआत की गई है ताकि वहां पहुंचने पर उन्हें वहां पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े कंचन प्रसाद आकाशवाणी समाचार दुबई आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक बोरून हलदर का कल रात कोलकाता में देहान्त हो गया वे पचासी वर्ष के थे पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि हलदर कुछ समय से बीमार थे बोरून हलदर आकाशवाणी दिल्ली में अंग्रेजी समाचार वाचक नियुक्त होने से पहले आकाशवाणी कोलकाता में पश्चिमी संगीत के लोकप्रिय प्रस्तुतकर्ता रहे वे उन्नीस सौ निन्यानवे तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जानेमाने समाचार वाचक बोरून हलदर के निधन पर शोक व्यक्त किया है गोरखपुर जिले के मिर्चाइन चौराहा और मंगलपुर में एजुकेशन हट का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेन्द्र पाल सिंह द्वारा किया गया इस एजुकेशन हट में एलकेजी से कक्षा तीन तक के बच्चों को निःशुल्क रिक्षा दी जायेगी इसके साथ ही पिछले एक वर्ष से शंकरपुर गांव में एजुकेशन हट के तहत दो सौ से अधिक बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाया जा रहा है